संसद ने केन्द्रीय रैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में आरक्षण कियेयक दो हजार उन्नीस किया पारित प्रदेश सरकार ने राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित सभी पच्चीस जिलों में गंगा सभिति की है गठित राहुल गांधी ने दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के खरीफ मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पैंसठ रुपये प्रति क्विंटल ज्वार में एक सौ बीस रुपये और रागी में दो सौ तिरपन रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है अरहर में एक सौ पच्चीस रुपये मूंग में पचहत्तर रुपये और उड़द का समर्थन मूल्य सौ रूपये रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है सोयाबीन के समर्थन मूल्य में तीन सौ ग्यारह रुपये सुरजमुखी में दो सौ बासठ रुपये और तिल में दो सौ छत्तीस रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और इससे कृषि में निवेश भी बढ़ेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ग्रुप ए एग्जक्युटिव कैडर के अधिकारियों को संगठित ग्रुप ए सेवा बनाने के प्रस्ताव और नॉन फंक्रानल वित्तीय लाम देने को मंजूरी दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जाक्डेकर ने कहा कि इससे अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्वि होगी

मंत्रिमंडल ने भारतीय हवाई अडडा प्राधिकरण के अहमदाबाद लखनऊ और मंगलुरू हवाई अडडों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये सबसे ऊंची बोली लगाने वाले अडानी इंटरप्राइजेस को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी तीन एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो इसको भी हाईस्ट बीडर जो है उन्हीं को देने का फैसला भी हुआ है इससे आज जितना फायदा हो रहा है लगभग दो ढाई करोड़ रुपये तो उससे दस गुना ज्यादा पैसा तो अप फ्रंट और उसके साथ साथ हर साल के मुनाफे में भी वो भागीदार एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया रहेगी तो ये विन विन सिचवेशन है प्रकाश जावडेकर कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच यात्री और मालवाहक जहाज सेवा शुरू करने के समझौता ज्ञापन को पिछली तारीख से स्वीकृति प्रदान की है संसद ने कल केंद्रीय रैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में आरक्षण क्षियक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया राज्यसमा ने कल इसकी मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विघेयक में केंद्रीय रैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक वर्ग में सीधी मर्ती में अनुसुचित जातियों जनजातियों शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान है यह क्वियक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा क्वियक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग सात हजार रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ करेगा विवि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्कित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कल राज्यसभा में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर अल्यकालिक चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने धन बल के प्रमाव से चुनावों को मुक्त करने के लिए और कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया विवि मंत्री ने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का समय अब आ गया है और इस पर अब खुले मन से विचार होना चाहिए प्रदेश सरकार ने राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित समी पव्वीस जिलों में गंगा समिति गठित की है यह गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के अभियान का हिस्सा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की और जल संख्यण सुखी नदियों को जीवित करने वर्षा जल संग्रह तथा पौध रोपण अभियान जैसे मुद्दों पर चर्चा की उधर बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर बस्ती से होकर बहने वाली मनवर नदी के प्रनरोद्वार के लिए अनुरोध किया श्री द्विवेदी ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री को दिये गये पत्र में मनवर नदी को घाघरा नदी से जोड़ने से लेकर उसकी साफ सफाई पक्के घाटों का निर्माण और जल शुद्धिकरण प्लांट सहित अन्य कार्य कराने का विशेष आग्रह किया गया है वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस का आर्थिक सर्वेक्षण आज संसद में पेश किया जाएगा वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक सर्वेक्षण दोंनो सदनों के पटल पर रखेंगी सर्वेक्षण देश के वार्षिक आर्थिक विकास को दर्शाएगा एनडीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी इस आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं प्रदेश में लोगों और कर्मचारियों को आयकर में घूट शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विरोष सुक्वियाएं मिलने की उम्मीद है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रमाग शुक्रवार को लोकसभा में पेश होने वाले केन्द्रीय बजट पर दिनमर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम हमारे यू ट्यूब चौनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिसियल पर सुबह दस बजकर दस मिनट से उपलब्ध होगा इसमें बजट से पहले चर्चा वित्त मंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण विशेष बजट दुलेटिन और स्टूडियो में विशेषज्ञों के साथ चर्चा प्रसारित होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों को सलाह दी हैं कि जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो सदन में स्थागन प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए कल नई दिल्ली में लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को संसद की कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव से संसद में आवश्यक कामकाज को निपटाने में बाघा आती है उन्होंने कहा कि सदस्यों को संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए नियम कायदों का पालन करना चाहिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल चित्रकूट में एक सौ पैंतीस करोड़ रूपये की योजनाओं का लोकार्पण किया जनपद के एक दिवसीय दौरे पर आये श्री मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का सर्वागीण विकास भाजपा सरकार में ही संगव है केन्द्र और प्रदेश सरकारें गरीबों के कल्याण के लिए मिलकर काम कर रही हैं अगी और काम करने की आवश्यकता है राहुल गांधी ने कल औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है ट्वीटर पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात थी राहुल गांवी ने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार है उन्होंने कहा है कि मविष्य में कांग्रेस की मजबूती के लिए जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है इसीलिए वे त्याग पत्र दे रहे हैं रेल प्रशासन ने प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की सुक्विा के लिए विभिन्न रेलगाड़ियों मे अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या पन्द्रह शून्य अट्ठारह गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस में चार जुलाई को गोरखपुर से पन्द्रह शून्य सत्रह लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस में छह जुलाई को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पन्द्रह शून्य बावन गोरखपुर कोलकाता पूर्वाचल एक्सप्रेस पन्दह शुन्य पैसठ गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस में चार जुलाई को गोरखपुर से शयनयान का एक एक अतिरिक्त कोच लगाया जायेगा इसी तरह पांच जुलाई को कोलकाता गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस में कोलकाता से और पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस में पनवेल से एक एक शयनयान का अतिरिक्त कोच लगाया जायेगा

इससे पहले हाथी ने एक किसान को मार दिया था